इस संबंध में पंचायत संचालनालय की ओर से सूचना जारी कर दी गई है सभी जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में लॉटरी निकाली जाएगी आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के सत्ताईस जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के निर्धारण के साथ ही इन वर्गो तथा अनारक्षित महिलाओं के स्थानों के आवंटन के लिए लॉटरी निकालने की यह कार्यवाही होगी आंगनबाड़ी अनुग्रह राशि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर पचास हजार रूपए कर दिया है पहले यह राशि दस हजार रूपए थी एकीकृत बाल विकास परियोजना के तहत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवा काल में मृत्यु होने के बाद अब उनके परिवार को पचास हजार रूपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी

इस आशय का आदेश महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है कॉमन रिव्यू मिशन दौरा भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की जानकारी लेने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का कॉमन रिव्यू मिशन कल से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं मिशन प्रतिनिधियों के साथ रायपुर में हुई एक बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी इस बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव सुब्रत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे बैठक में प्रतिनिधिमंडल को योजनाओं के क्रियान्वयन में नवाचारों उपलब्धियों और मैदानी स्तर पर आ रही कठिनाईयों से भी अवगत कराया गया कॉमन रिव्यू मिशन के प्रतिनिधि रायपुर कोरबा और बस्तर जिलों में ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी हकीकत से भी रूबरू होंगे कॉमन रिव्यू मिशन के राजकुमार दत्ता डॉक्टर सुखविन्दर सिंह जोहल और डॉक्टर रूबीना नुसरत ग्यारह नवम्बर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे जनचौपाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनरेगा के कार्यो और चावल वितरण योजना में अनियमितता की शिकायतों के जांच के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास पर जनचौपाल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनीं इस दौरान कोरबा जिले के कोलिहामुड़ा ग्राम पंचायत के मुढाली गांव के ग्रामीणों ने मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान में अनियमितता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को इन मामलों की जांच के निर्देश दिए इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोरबा जिले के ही करतला तहसील स्थित नवापारा चौनपुर और बोतली गांव में आदिवासी किसानों की जमीन को कूटरचना कर दूसरे के नाम पर करने के मामले की भी जांच के निर्देश दिए हैं जनचौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्वतारोही याशी जैन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप स्वेच्छा अनुदान से एक लाख रूपए की राशि मंजूर की रायगढ़ निवासी याशी छत्तीसगढ़ की एक मात्र पर्वतरोही है जिन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह किया है धमतरी थाना अलर्ट धमतरी जिले में हाल ही में हुए कई माओवादी वारदातों को देखते हुए सात थानों में अलर्ट जारी किया गया है जिले के दुगली मगरलोड नगरी सिहावा मेचका खल्लारी और बोराई थाने में सुरक्षा के मद्देनजर विशेष ऐतिहयात बरती जा रही है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर ने बताया कि माओवादी घटनाओं को देखते हुए इन सात थानों में सुरक्षा बढ़ाई गई है कांग्रेस बैठक किसानों के मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में तेरह नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के आंदोलन की तैयारियों को लेकर आज रायपुर में बैठक हुई कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आंदोलन के संबंध में पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन में छत्तीसगढ़ से हजारों किसानों के शामिल होने की संभावना है नई दिल्ली जाने के लिए सड़क मार्ग से जाने वाले काफिले में बड़ी संख्या में गाड़ियां भी शामिल होंगी उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में शामिल होने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री भी नई दिल्ली जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री बैठक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दवा खरीदी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने इसके लिए आपूर्तिकर्ता कंपनियों से जल्द से जल्द रेट कांट्रेक्ट करने को कहा स्वास्थ्य मंत्री ने कल मंत्रालय में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन सीजीएमएससी की बैठक ली इसमें उन्होंने दवा खरीदी की वर्तमान प्रक्रिया की कमियों को दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया स्वास्थ्य मंत्री ने अति आवश्यक दवाईयों की सूची में शामिल दो सौ उनसठ दवाईयों को अस्पतालों से मांग पत्र का इंतजार न कर जरूरत के आधार पर खरीदी करने के निर्देश दिए डीन तबादला राज्य सरकार ने मेडिकल कालेज के अधिष्ठाता की नई पदस्थापना सूची जारी की है अंबिकापुर मेडिकल कालेज के अधिष्ठाता डॉक्टर विष्णु दत्ता को रायपुर स्थित चिकित्सा शिक्षा संचालनालय भेजा गया है राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर आरके सिंह को अंबिकापुर में पदस्थ किया गया है वहीं डॉक्टर रेणुका गाहिने को राजनांदगांव स्थित अटल बिहारी मेडिकल कालेज की प्रभारी अधिष्ठाता का प्रभार सौंपा गया है

इसमें नौ राज्यों के हस्तशिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं

इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने देर रात तक समा बांधे रखा इनमें एक ओर जहां कलाकारों ने मांदरी कमार ककसाड़ और गेंडी नृत्य के जरिए राज्य की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखलाई वहीं दूसरी ओर कवि सम्मेलन के माध्यम से कई जीवंत मुद्दों को उठाया गया बीजापुर स्कूल माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में बंद स्कूलों को दोबारा शुरू करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है आज इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री और बीजापुर के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद दीपक बैच शामिल हुए कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षादूतों का सम्मान भी किया गया लोकवाणी मुख्यमंत्री की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की चौथी कड़ी का प्रसारण दस नवम्बर रविवार को होगा इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ रिथित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से किया जाएगा यह रेडियोवार्ता सुबह साढ़े दस बजे शुरू होगी लोकवाणी में इस बार का विषय नगरीय विकास का नया दौर रखा गया है राज्यपाल प्रतिवेदन विमोचन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि समाज हित में कार्य करने के लिए संवेदनशील लोग ही आगे आते हैं यह बात राज्यपाल ने रायपुर में कल दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही इस अवसर पर सुश्री उइके ने नक्सल प्रभावित जिलों में महिलाओं की स्थिति विषय पर प्रतिवेदन का विमोचन किया राज्यपाल ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट जनकल्याणकारी नीतियां बनाने में सहायक सिद्द होती है उन्होंने कहा कि वे इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति और राज्य सरकार के समक्ष रखेंगी

वे वहां एक सौ अड़सठ करोड़ रूपए की लागत के चौसठ विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक भक्तचरण दास कल से राज्य के दौरे पर आएंगे इस दौरान वे दस नवंबर तक सरगुजा बिलासपुर बस्तर जांजगीर और कोरबा में ब्लॉक और जिला धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे स्तरीय सैय्यद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी दो हजार उन्नीस के लिए छत्तीसगढ़ की सीनियर टीम का चयन कर लिया गया है इस टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया होंगे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में तिरासी पदों पर भर्ती के लिए अट्ठारह नवंबर को लिखित परीक्षा समूह चर्चा और साक्षात्कार होगा